आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के म्ख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वप्र्ण है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की चौथी बैठक थी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक दो लॉकडाउन देख च्का है और दोनों अलग अलग तरह से रहे है अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे

उन्होंने जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी के उप्योग के महत्व सर जोर दिया श्री मोदी ने हॉटस् ॉट क्षेत्रों में दिशा निर्देश लागू करने के लिए राज्यों के महत्व का भी उल्लेख किया सेवानिवृति आय् केन्द्र सरकार अ ने कर्मचारियों की सेवानिवृति की आय् में कमी करने र विचार नहीं कर रही है त्र सूचना कार्यालय ने एक वेब ोर्टल र किये गए दावे के उत्तर में यह जानकारी दी

ट्वीट में स्थष्ट किया गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून लाने र विचार नहीं कर रही है और लोगों को इस तरह की अफवाहें न फैलाने की सलाह दी गई है

श्री जामोद ने बताया कि कोरोना संक्रमण में लॉक डाउन की स्थिति निर्मित हो जाने के बाद ंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं ंचायत राज संचालनालय ने सभी ग्राम चायतों के सर चों और सचिवों को निर्देश जारी किए थे कि वह अ ने क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रवासी श्रमिकों उनके सरिवारों तथा गांव के गरीब सरिवारों को भोजन की व्यवस्था स्निश्चित करें

डॉ निशंक ने नईदिल्ली से देशभर के अभिभावकों को संबोधित करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी

जिले के आष्टा क्षेत्र में क्छ देर बरसात भी हयी मुरैना जिले में भी कई स्थानों प्र तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ह्यी है शिव ्री में करीब आधे घंटे तक बारिश हई शहडोल जिले में बेमौसम हई बारिश और ओलावृष्टि से खलिहान में रखी किसानों की फसल को न्कसान हआ है